राज्य में अब कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है जबकि इक्कीस जिले ऑरेंज जोन और तीन जिले ग्रीन जोन की श्रेणी में हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन मदन क्लकर्णी ने कल राजधानी रांची में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र सरकार के नए गाइडलाइन के तहत जिलों की यह श्रेणी निर्धारित की गई है

सचिव ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू करने के निर्देष दे दिए गए हैं कोरोना संबधित मामलों के लिए नियुक्त मुख्य नोडल पदाधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अबतक तीन लाख पंद्रह हजार से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विशेष ट्रेनों और बसों के माध्यम से वापस लाया जा चुका है परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बताया कि विभिन्न राज्यों से श्रमिकों को लेकर एक सौत तीन विशेष ट्रेनें झारखंड आ चुकी है जबकि चौरासी ट्रेनों के आगे का शिडयूल भी तय हो चुका है आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि अभी होम क्वारेंटाइन में लगभग एक लाख अंठावन हजार और सरकारी क्वारेंटाइन में करीब एक लाख बारह हजार लोग हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित क्ल इक्यावन हजार सात सौ चौरासी लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं संक्रमितों के ठीक होने की दर इकलातीस दशमलव उनचालीस प्रतिशत पहंच गयी है

देश भर में पिछले चौबीस घंटों में एक सौ सैतीस मौत भी हुई हैं जिससे अब तक इस महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या तीन हजार सात सौ बीस हो गयी है झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटों को दौरान हजारीबाग से आठ गुमला से सात चाईबासा से तीन रामगढ़ से तीन और जमशेदपुर से एक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तीन सौ तीस हो चुका है इनमें रांची में एक सौ बारह गढवा में सैंतालीस हजारीबाग में इकतालीस पुर्वी सिंहभुम में सत्रह गिरिडीह में सोलह कोडरमा में सोलह बोकारो में पंद्रह पलामू में पंद्रह धनबाद में सात रामगढ़ में छह देवघर में पांच लातेहार में चार पश्चिम सिंहभूम में चार सरायकेला खरसांवा में चार गुमला में दस सिमडेगा में तीन लोहरदगा में दो जामताड़ा में दो दुमका में दो गोड़डा और चतरा में एक एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो च्यकी है फिलहाल राज्य में एक सौ इक्यानबे एक्टिव मामले हैं जबकि एक सौ छत्तीस संकमित मरीज स्वस्थ हो घर जा चुके हैं वहीं तीन मरीजों की मौत हो चुकी है सिमडेगा जिले में लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छट के बाद निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है

राज्य में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर अबतक एक हजार नौ सौ सोलह प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है इन प्राथमिकियों में लगभग आठ हजार सात सौ लोगों को आरोपी बनाया गया है इनमें तीन हजार नौ सौ की गिरफ्तारी हो चुकी है पुलिस मुख्यालय के मुताबिक रांची में सबसे ज्यादा तीन सौ तिरासी लॉकडाउन उल्लंघन के मामले सामने आए हैं जबकि इस मामले में सबसे ज्यादा एक हजार छह सौ पच्चीस आरोपियों की गिरफ्तारी जमशेदपुर से हुई है दूसरी तरह कोरोना महामारी को लेकर विभिन्न सोशल साइट्स पर पोस्ट कर अफवाह फैलाने से संबंधित एक सौ साठ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है इसमें आरोपी बनाए गए दो सौ उनचास लोगों में से एक सौ बाइस को गिरफ्तार किया जा चुका है

भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद सीआईएससीई ने दसवीं और बारहवीं की लंबित परीक्षाएं एक जुलाई से चौदह जुलाई के बीच कराने की घोषणा की है ये परीक्षाएं कोरोना संकट के कारण स्थगित की गई थीं परिषद के सचिव गेरी एराथून ने बताया कि बारहवीं की परीक्षाएं दो जुलाई से बारह जुलाई तक होंगी दसवीं की परीक्षाएं एक जुलाई से चौदह जुलाई तक कराई जाएंगी उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानदंड का पालन करना होगा और अपनी स्टेशनरी अथवा कला सामग्री स्वयं साथ लानी होगी इधर झारखंड अधिविद्य परिषद की मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा परिषद ने कहा है कि ईद के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन को साकार करने का निर्देश दिया है संचार इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आयूर्वेद यूनानी और सिद्ध सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए लोजिस्टिक्स सपोर्ट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया है

धनबाद स्थित चासनाला कोलियरी के डीप माइंस में बीती रात हुई दुर्घटना में एक ठेका मजदूर की मौत हो गई जबकि अन्य मजदूर घायल हो गए

इसकी सूचना मिलने के बाद कोलियरी के उपप्रबंधक घटनास्थल पर पहुंच कर पूरे मामले की जानकारी ली रांची में पिछले छह महीने से अनाज का उठाव नहीं करने वाले राशन कार्डधारियों की जांच की जाएगी उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अधिकारियों की हुई बैठक में वैसे सभी राशन कार्डों की भी जांच करने का निर्णय लिया गया जिसमें एक ही आधार नंबर दर्ज है जांच के उपरांत ऐसे राशन कार्डों को रद्द कर दिया जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत द्वारा कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है अदालत ने अपने फैसले मे कहा कि जबतक वे निर्दोष साबित नहीं हो जाते उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत देना उचित नहीं होगा गौरतलब है कि मधु कोड़ा ने पिछले साल नवंबर दिसंबर में हुए झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपनी दोषसिद्वी पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी

जमशेदपुर के कदमा रामनगर के रहने वाले व्यवसायी शिवनाथ कुमार पर फायरिंग और उनके आवास पर पथराव करने के मामले में पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने बताया की पंद्रह अप्रैल को हुई इस घटना में पांचों की गिरफ्तारी पुलिस रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी प्रशांत कुमार और सुमित कुमार की निशानदेही पर की गई

चतरा जिले के नए पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने भष्टाचार के आरोप में लावालौंग के थाना प्रभारी श्रीराम राम और प्रशिक्ष दारोगा शशिकांत साह को निलंबित कर दिया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों के नेतृत्व में अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाया था

इसकी सूचना उन्होंने दी थी लेकिन ढ़ाई लाख रुपए मिलने की जानकारी नहीं देकर राशि आपस में बांट ली थी इसी वजह से इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है एयर इंडिया ने घरेलू उडानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है एयरलाइन ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी इंडिगो विस्तारा और स्पाइसजेट जैसी कई निजी विमान कंपनियों ने भी घरेलू उडानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि कोविड महामारी के कारण बंद घरेलू उडानों को सोमवार से फिर से शुरू किया जा रहा है और अब संक्षिप्त खबरें राजधानी रांची में रेस्टोरेंट और मिठाई की द्कानें खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन उन्हें सिर्फ होम डिलेवरी करने की ही इजाजत होगी

विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के कुलपति डॉ रमेश शरण अगले दो माह तक या नई नियुक्ति होने तक अपने पद पर बने रहेंगे

राजधानी रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स के टाना भगत इंडोर स्टेडियम का इस्तेमाल ट्रांजिट क्वारेंटाइन सेंटर के रुप में किया जाएगा